उपचुनाव की घोषणा होते ही कांगड़ा और सिरमौर जिलों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है इस वर्ष जून में हुए लोकसभा चुनाव में धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र से किशन कपूर और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से सुरेश कश्यप के सांसद बनने पर इन दोनों क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग देने का आहवान किया है सोलन जिले के कण्डाघाट में आयोजित स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये अभियान तभी कामयाब हो सकता है जब लोग अपनी सोच बदलेंगे और स्वच्छता में अपना योगदान देंगे राज्यपाल ने लोगों से प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की भी अपील की उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग लोगों की सेहत के अलावा पर्यावरण के लिए हानिकारक है

इसके अलावा करीब डेढ़ हजार मकान बनकर तैयार हो गए हैं

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शिमला में आयोजित एक कार्यशाला में बताया कि गरीबों को मकान देने को साथ स्वच्छता व अनुकूल वातावरण देने के उद्देश्य से अंगीकार अभियान शुरू किय जा रहा है

मनाली स्थित गोम्पा में लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस निर्णय से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे

बंजार के विधायक सुरेन्द्र शौरी भी इस मौके मौजूद रहे सतपाल सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज ऊना जिले के बहडाला में आयुष्मान भारत कार्ड वितरण समारोह की अध्यक्षता की

उन्होंने पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है हिमउर्जा राज्य सरकार ने घरेलु उपयोग के लिए सौलर वॉटर हीटर लगाने पर सब्सिडी की अधिसूचना जारी कर दी है हिमउर्जा के प्रवक्ता पन्नालाल शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता इसके लिए अपने जिला के हिमउर्जा कार्यालय में बुकिंग करा सकते हैं

इच्छुक उपभोक्ता हिमउर्जा की वैबसाईट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं डेजी ठाकुर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने आज बिलासपुर में घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतें सुनीं

उन्होंने बताया कि शेष मामलों को पुनः नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि उनका भी निपटारा सुनिश्चित बनाया जा सके साईकिल रैली स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही रैली को आज सोलन से एनसीसी ग्रप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव ठाक्र ने हरी झंडी दिखाकर चण्डीगढ़ के लिए रवाना किया उन्होंने कहा कि युवा इस रैली में भाग लेकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम लाहौल स्पिति जिले के केलंग में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व महिला मण्डल की सदस्यों को पौष्टिक व संतुलित आहार की जानकारी दी गई विभाग के पर्यवेक्षक सुभाष ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्र में खून की कमी कुपोषित बच्चों व किशोरियों की पहचान कर उन्हें संतुलित व पौष्टिक आहार के प्रति जागरूक करने का आहवान किया